केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मिल रहे हैं सकारात्मक संकेत

हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिये लॉकडाउन में भी कैसे रेशम के ककून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर

एक ट्वीट में डॉक्टर वर्धन ने कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले है लॉकडाउन प्रदेश में आज टोटल लॉकडाउन है इस दौरान जरूरी सेवाएं ही जारी रहेगीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देते हुए कहा कि हम कोरोना महामारी पर नियंत्रण में जुटे हैं इसको देखते हुए हर रविवार प्रदेश में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है

जिले की नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में अति आवश्यक वस्तुओं की डिलेवरी की व्यवस्था जारी रहेगी बैतूल में लॉकडाउन का उल्लघंन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है मंडला जिला कलेक्टर हर्षिता सिंह ने कहा कि जिले में लॉकडाउन रहेगा इंदौर जिले में भी आज पूर्ण लॉकडाउन रहेगा जिला प्रषासन ने कहा है कि नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा नियम का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी उमरिया में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल ने आकाशवाणी के जरिए नागरिकों से घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है

उधर मण्डला में लॉकडाउन के दौरान पीडीएस दुकाने खुली रहेगी सतना में पिछले रविवार की तरह इस बार भी पूर्णबंदी लागू की गई है आगर मालवा रतलाम बैतूल झाबुआ राजगढ़ खंडवा और रायसेन में भी टोटल लॉकडान रहेगा उधर धार जिले में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या बाईस हजार के करीब पहुंच गई वहीं लगभग पन्द्रह हजार लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

ग्वालियर में कल साठ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं खण्डवा में भी सत्रह लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वहीं तेरह मरीज कोरोना का हराकर घर लौटे

मंडला जिले में सक्रिय प्रकरणों की संख्या सात हो गई है

नीमच में कल प्राप्त अठहत्तर नमूनों की रिपोर्ट में दो पॉजिटिव और छियत्तर निगेटिव मामलों का पता चला बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में महाराष्ट्र से लौटने वाले लोगों को अब चौदह दिन घर में क्वारण्टीन रहना होगा धार जिले में कल अठारह नये लोगों में संकमण की पुष्टि हुई वहीं कटनी में संकमितों की तादाद पचास तक पहुंच गई है होशंगाबाद में भी संक्रमितों का आंकड़ा सौ हो गया है अशोकनगर में एक नये प्रकरण के साथ प्रभावितों की तादाद पिचहत्तर हो गई है वहीं छतरपुर से अच्छी खबर है जहां चार व्यक्ति कोरोना संकमण से मुक्त होकर घर लौटे

कल शाजापुर पहंचे श्री परमार ने कहा कि स्कूलों को खोलने को लेकर अगले महीने समीक्षा की जायेगी उन्होंने कहा कि कोराना के बढ़ते संक्रमण के चलते परिस्थितियों के मुताबिक आगे निर्णय लिया जायेगा श्री परमार ने कहा कि विभाग द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चलाई जा रही है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

उनकी सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेते हुए पुलिस मुख्यालय में एडीजी पदस्थ किया गया है कथित तौर पर श्री मधुकुमार का लिफाफा लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था